इस चरण में प्रदेष की जिन चौदह लोकसभा सीटों के लिये मतदान किया गया उनमें धौरहरा सीतापुर मोहनलालगंज लखनऊ रायबरेली अमेठी बांदा फतेहपुर कौषाम्बी बाराबंकी फैजाबाद बहराइच कैसरगंज और गोण्डा षामिल हैं इस चरण के क्ल एक सौ बयासी उम्मीदवारों का चुनावी भाग्य आज मतपेटियों में बन्द हो गया सुबह मतदान करने वालों में महिलाओं की संख्या ज्यादा रही दोपहर में भीशण गर्मी के कारण मतदान की गति हल्की धीमी रही लेकिन षाम होने के बाद मतदान सम्पन्न होने तक लोग बूथों तक पहंचते रहे पहली बार वोटर बने युवाओं में मतदान को लेकर खास उत्साह देखा गया छिटपुट घटनाओं को छोड़कर किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नही मिली है कुछ स्थानों पर ईवीएम मषीनों में खराबी की सूचना मिली जिसे निर्वाचन अधिकारियों द्वारा अतिषीघ्र ठीक करा दिया गया चुनाव आयोग ने मतदान केन्द्रों पर दिव्यांगों और महिला मतदाताओं के लिये विषेश व्यवस्था की थी पांचवें चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में केन्द्रीय गृहमत्री राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी कॉग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी कॉग्रेस नेता जितिन प्रसाद तथा समाजवादी पार्टी की नेता और षत्र्ध्न सिन्हा की पत्नी प्रनम सिन्हा षामिल हैं इस चरण में सुचारू रूप से मतदान सम्पन्न कराने के लिये कुल सोलह हजार एक सौ छब्बीस मतदान केन्द्र बनाये गये थे षाहजहांपुर संसदीय सीट के अन्तर्गत आठ मतदान केन्द्रों और हमीरपुर तथा आगरा के एक एक मतदान केन्द्र पर आज पुनर्मतदान कराया गया लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में उन्तीस अप्रैल को इन केन्द्रों में सम्पन्न हए चुनाव के दौरान ईवीएम और वीवी पैट मषीनों में गड़बड़ी की षिकायतें मिलने के बाद केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने यहां पांचवें चरण के साथ कल प्नर्मतदान कराने का आदेष दिया था पांचवें चरण का चुनाव सम्पन्न होने के बाद छठें और सातवें चरण के लिये चुनाव प्रचार तेज हो गया है विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और स्टार प्रचारक जनसभा और रैलियां करके अपने प्रत्याषी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं बस्ती में आज एक चुनावी सभा को सम्बोधित करते हये बहजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कहा कि केन्द्र में गठबंधन की सरकार बनी तो युवाओं को सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में स्थायी रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अच्छे दिनों को लाने का जो बादा पिछले चुनाव में किया था उसे पूरा करने में विफल रहे देष की आम जनता परेषान हैं और युवा आज भी बेरोजगार हैं कॉग्रेस की नीतियों की आलोचना करते हुये सुश्री मायावती ने कहा कि आजादी के बाद ज्यादातर समय यह पार्टी सत्ता में रही लेकिन गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिये कॉग्रेस ने कोई काम नही किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सिद्दार्थनगर जिले के इमरियागंज लोकसभा क्षेत्र के कठेला में एक चुनावी जनसभा को सम्बोधित करते हुये कहा कि केन्द्र और प्रदेष सरकार ने सबका साथ और सबका विकास के फार्मले पर काम किया है जाति और मजहब के नाम पर कभी कोई भेदभाव नही किया गया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने किसानों के चेहरे पर खुषहाली लाने का कार्य किया है किसान सम्मान निधि से उनकी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हयी है साथ ही अट्ठारह सौ साठ रूपये की दर से गेहूं का समर्थन मूल्य मिलने से किसानों की आमदनी में भी बढ़ोत्तरी हुयी है समाजवादी पार्टी के राश्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेष यादव ने महराजगंज के नौतनवां में एक जनसंभा को सम्बोधित करते हये कहा कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई संस्था नही रह गयी है कॉग्रेस पर निषाना साधते हुये श्री यादव ने कहा कि आजादी के सात दषक बाद भी अगर देष पिछड़ा है तो इसके लिये कॉग्रेस भी जिम्मेदार है प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार से सहयोग न मिलने के बावजूद केन्द्र सरकार चक्रवात फनी के बाद के राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए राज्य को पूरी सहायता देगी पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि वह कलाईकुंडा हवाईअड्डे पर चक्रवात के बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य प्रशासन से मिलकर स्थिति से निपटने में केन्द्र की ओर से मदद देना चाहते थे लेकिन मुख्यमंत्री ने इन्कार कर दिया उधर ममता बनर्जी ने कहा है कि मोदी सरकार ने कुछ साल पहले राज्य में बाढ़ के दौरान कई अनुरोध के बावजूद कोई वित्तीय सहायता नहीं दी थी पूर्वी उत्तर प्रदेष के सभी जिले इस समय लू के चपेट में हैं तेज गर्म हवाओं के बीच तापमान भी तेजी से बढ़ रहा है ज्यादातर जिलों का तापमान एक बार फिर चालिस डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है मौसम विभाग के अनुसार तापमान के बढ़ने के साथ भीशण गर्मी का सिलसिला अभी जारी रहेगा